विधानसभा में भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही नहीं चली

और दारोगा बहाली मामले में पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी

राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से संबंधित विधेयक आज विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित हो गया विधानसभा में विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुये कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देते समय अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिये गये आरक्षण के अधिकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है

श्री कुमार ने कहा कि जल्द ही इस विधेयक के लिए नियमावली अधिसूचित की जायेगी इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुद्दे को लेकर राजद के हंगामे के कारण आज विधानसभा में भोजनावकाश के पहले के सत्र की कार्यवाही नहीं चल सकी सभा की कार्यवाही शुरू होते ही राजद सदस्य सदन के बीचोबीच आ गये और इस मुद्दे पर हंगामा करने लगे राजद के भाई वीरेन्द्र ललित यादव और आलोक कुमार मेहता ने आरोप लगाया कि अदालत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ संज्ञान लिया है इसलिए उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए लगातार हंगामा होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी ने कार्यवाही दिन के दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी दोपहर दो बजे भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा सदन के बीचोबीच आकर राजद सदस्य नारेबाजी करते रहे शोरगुल के बीच ही कई विधेयक पेश किये गये और इस पर चर्चा हुई सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर तंज कसते हुये कहा कि इसका उन पर उलटा असर पड़ने वाला है हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे से भी अधिक लोगों की इस पर सहमति नहीं है लेकिन रांची से आदेश आ गया है इधर विधान परिषद में भी बालिका गृह के मुद्दे को लेकर राजद के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया हालांकि कार्यकारी सभापति हारूण रशीद के समझाने के बाद प्रश्नकाल सामान्य रूप से चला केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह और केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज बेतिया के कुमारबाग में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के स्टील प्लांट का लोकार्पण किया

प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता पचास हजार टन होगी उन्होंने कहा कि कारखाने के बनने से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा उन्होंने कहा कि देश में इस्पात उत्पादन की क्षमता में तेजी से विस्तार किया जा रहा है

इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कई स्थानीय विधायक और सेल के अधिकारी उपस्थित थे केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है आज शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चालीस से अधिक देशों ने पड़ोसी देश के खिलाफ कड़े बयान जारी किये हैं ये हमारी कूटनीति की एक बड़ी सफलता है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में दारोगा बहाली मामले में सुनवाई पूरी कर ली है बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग की अपील पर मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुये फैसला सुरक्षित रख लिया है सूत्रों के अनुसार एक मार्च को फैसला सुनाया जा सकता है इससे पहले एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग को परीक्षा परिणाम संशोधित कर नए सिरे से निकाले जाने का निर्देश दिया था गौरतलब है कि वर्ष दो हजार सत्रह में सितम्बर महीने में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दारोगा के सत्रह सौ सत्रह पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाले गये थे जिसके लिए मुख्य परीक्षा पिछले वर्ष जुलाई में ली गई थी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 श्री नकवी आज नई दिल्ली में नवगठित केन्द्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक उत्थान और रोजगारपरक कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि देश में लगभग सोलह करोड़ लोग शराब पीते हैं

उनके मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केन्द्र के सहयोग से यह सर्वेक्षण किया है भाजपा से निलंबित दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद आज कांग्रेस में शामिल हो गये नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्री आजाद को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी वहीं रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कौशल सिंह ने आज अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाईटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली पटना में जदयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के महासचिव आरसीपी सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलायी इधर पूर्व आरजेडी नेता अनिल मेहता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिजनेस में उत्कृष्ट योगदान को लेकर शिवहर जिले के छह डाक कर्मियों को विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है डाक विभाग के मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल ने आयोजित समारोह में डाक कर्मियों को प्रशस्ति पत्र मेडल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया शिवहर जिला इकाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिजनेस में राज्य में पहले स्थान पर आई है सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत परसाही गांव में विद्युत तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई वहीं छह अन्य लोग घायल हो गये सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के टोका गांव के पास रघुनाथनपुर दरौली मुख्य मार्ग पर एक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुयी टक्कर में ट्रैक्टर सवार दो लोगों की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये भोजपुर जिले के अगियांव बाजार थाना क्षेत्र के कोसीअरवा टोला से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से दो देशी थर्नेट कारतूस और तीन मोबाइल फोन जब्त किये गये है पूर्णिया जिले के सहायक खजांची हाट क्षेत्र के भट्टा बाजार में आग लगने से एक सौ से अधिक द्कानें जलकर नष्ट हो गयी शेखपुरा जिला पुलिस ने बरबीघा के पुरानी शहर में छापेमारी कर पांच कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के चेवारा से पुलिस ने पन्द्रह लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट बाजार में पिछले दिनों हुये स्वर्ण व्यवसायी लूट कांड के मामले मे अंतर जिला लुटेरा गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट के पन्द्रह किलो चांदी और चार मोबाईल भी जब्त की गयी है पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया पुलिस ने दो हथियार तस्करों को पिस्तौल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है

विधानसभा में भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही नहीं चली

और दारोगा बहाली मामले में पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी